राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई दो हजार आठ सौ बीस लगभग तिहत्तर प्रतिषत संक्रमित हए स्वस्थ श्रावण मास की पहली सोमवारी पर राज्य के प्रसिद्ध षिव मंदिरों में दर्षन के लिए वर्जुअल तरीके से शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु राज्य के कई इलाकों में हुई अच्छी बारिष अगले चौबीस घंटों में सभी जिलों में हल्के से मध्यम बारिष का अनुमान उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका की सुनवाई आज एक सप्ताह के लिए टाल दी

न्यायमूर्ति श्री बोबडे ने झारखंड सरकार की ओर से भेजे गये एक पत्र की जानकारी देते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी

राज्यभर में अबतक दो हजार इक्कावन कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहतर दशमलव सात पांच प्रतिशत है जबकि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ उनचास पहुंच गयी है वहीं राज्य में आज अब तक पांच नए कोरोना मरीज मिले हैं इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या दो हजार आठ सौ बीस हो गई है इनमें से अब तक बीस कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है

जिले के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कमार ने आज बताया कि मृत युवती के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने से पूर्व कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जायेगा साथ ही पोस्टमॉर्टम में पूरी एहतियात बरती जाएगी इस बीच मृत युवती के पिता बिरसा टोपनो ने बताया कि उनकी बेटी करीब दस दिन पूर्व बिहार के जहानाबाद से वापस लौटी थी बिहार से लौटने के बाद उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था

प्रवासी श्रमिकों की दमका वापसी पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की देखरेख में इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया इन्हें अभी द्रमका के इंडोर स्टेडियम में रखा गया है जहां से स्वस्थ जांच एवं डेटा संग्रह के बाद सभी को होम क्वारंटाइन में भेजा जायेगा इन सतासी प्रवासी श्रमिकों में द्रमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के संतावन सरैयाहाट के नौ जामा के दस तथा जरमुंडी प्रखंड के सात यानी कुल तिरासी लोग शामिल हैं जबकि पाक्ड जिल के दो रामगढ़ जिले के एक और गोड्डा जिले का एक मजदूर भी इनमें शामिल है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

इस बार कोरोना संकट को लेकर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा है राज्य सरकार ने श्रद्वाल्ओं के लिए बाबाधाम और बासुकीनाथ में भगवान की पूजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है आज से पूरे सावन श्रद्धालुओं के लिए सुबह होने वाली सरकारी पूजा और शाम की श्रृंगार पूजा का टेलीविजन चैनलों और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस दौरान श्रद्धाल भी ऑनलाइन प्रजा कर सकेंगे इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों के प्रवेष पर रोक है मंदिर परिसर से बाबा की प्रजा अर्चना का ऑनलाइन प्रसारण किया जा रहा है केंद्र सरकार की आम बागवानी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तम आम के पौधे जैविक खाद कीटनाशक सहित सिंचाई की सुविधा पाकर जामताडा जिले के किसान आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं सरकार की ओर से किसानों को सारी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर आम बागवानी के साथ साथ मिश्रित खेती कर किसान खुश हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजीव कुमार ने बताया कि बागवानी योजना लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफल साबित हो रहा है जामताड़ा जिले के एक हजार चार सौ अस्सी एकड़ परती भूमि पर इस वर्ष बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी किया जा रहा है जिले के उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि योजना के लिए गड्डे खोदे जा चुके हैं मेड़बंदी का कार्य पूर्ण करा लिया गया है बहुत जल्द पौध रोपण किया जाएगा आज के आधुनिक युग में युवा पढ़ लिख कर आईएस आईपीएस इंजीनयर और डॉक्टर बनने की होड़ में लगे हए है वहीं दूसरी ओर रामगढ़ जिले के मांड़ प्रखंड के बरमसिया गांव के रहने वाले नागेश्वर महतो ने रांची कॉलेज रांची से स्नातकोत्तर की पढाई पूरी कर खेती को अपना कैरियर चुना है श्री महतो ने टपक सिंचाई खेती के माध्यम से क्षेत्र में अपनी विषिष्ट पहचान बनायी राज्य सरकार ने उन्नत खेती के प्रषिक्षण के लिए नागेष्वर महतो को मार्च महीने में इजरायल भेजने का निर्णय था लेकिन वैष्यिक महामारी कोरोना वायरस के कारण वे इजरायल नहीं जा सके इसके बावजूद उन्होंने आठ एकड़ बंजर भूमि लीज पर लेकर कड़ी मेहनत उसमें खीरा मिर्च करेला टमाटर और बेंगन जैसे कई हरी सब्जियों का उपज कर अच्छा मुनाफा कमाया प्रदेष भाजपा नेताओं के एक षिष्टमंडल ने लातेहार जिले के बरवाडीह में हुई पार्टी नेता की हत्या जांच अपराधियों की गिरफ्तारी राज्य की गिरती विधि व्यवस्था और बढती आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेषक एमवी राव को ज्ञापन सौंपा बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिष्वित होगी इधर भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में प्रदेष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बरवाडीह पहुंचकर मृतक जयवर्धन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही परिजनों को दुःख की बेला में ढांढस बंधाया साथ ही परिजनों पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनू कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई

इसके अलावा ऑटो चालन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन और मास्क लगाना सुनिष्चित कराने के लिए आवष्यक दिषा निर्देष दिया गया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सफीरा हस्सा को बोकारो के उपायुक्त मुकेष कुमार ने हरसंभव आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी सफीरा हस्सा के आर्थिक तंगी के कारण रांची के एक मॉल में सेल्समैन का काम करने की खबर मिलने के बाद उपायुक्त ने बताया कि आर्थिक मदद देने के लिए खेलकूद एवं कला संस्कृति निदेषक से पत्राचार किया जा रहा है गौरतलब है कि सफीरा हस्सा तेरह वर्ष से कम आयु वर्ग की अंतराष्ट्रीय स्पद्धा में वर्ष दो हजार दस में दो बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है इसके अलावा भी वह कई अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है रांची के अनुमंडल पदाधिकारी लोकेष मिश्रा की अध्यक्षता में राजकीय मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली के बेहतर संचालन को लेकर बैठक हुई इस बैठक में छऊ नृत्य कला को लोकप्रिय बनाने और आमजन तक इसके प्रदर्षन को सुलभ बनाने पर चर्चा हुई बैठक में प्रषिक्षण देने वाले प्रषिक्षकों का मानदेय और प्रषिक्षण प्राप्त करने वाले प्रषिक्षुओं का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार किया गया राज्य के कई इलाकों में आज अच्छी बारिष हई मौसम पूर्वानुमान में अगले चौबीस घंटों में सभी जिलों में हल्के से मध्यम बारिष का अनुमान है रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में झारखंड में मॉनसून सकिय रहा इस दौरान सबसे अधिक बारिष लातेहार में करीब बासठ मिलीमीटर बारिष हई संक्षिप्त खबरों धनबाद जिले के ट्रंडी थाना क्षेत्र में आज बारातियों से भरी गाड़ी के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गयी तथा दस से अधिक लोग घायल हो गये जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र में एक युवती ने कल देर रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली